गृहमंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारुप शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा गृहमंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने एन पी आर के प्रावधानो को अधिसूचित कर दिया है एन पी आर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है

असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एन पी आर के लिए तीन हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रुपये की मंजूरी दी है

इसमें तेजपुर गुवाहाटी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना एन सी विभाग के करीब छह सौ कैडेटों ने अपनी प्रस्तुती दी

राज्यपाल ने एन सी सी कैडेटों से देश सबसे पहले के सिद्धांतों का पालन करने को कहा श्री मिश्रा ने कहा कि देशभर में एन सी सी में शामिल होने की युवाओं में बढ़ती ललक देश के भविष्य के लिए सुखद संकेत है

इस मौके पर जिला उपायुक्त कोमकार दुलोम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और पर्यटन के नजरिये से स्वछता मानदंडो को हासिल करना एक चुनौती है जिसे सभी हितधारकों के सहयोग से हासिल किया जा सकता है उन्होंने इस कार्य के लिए आवंटित धनराशि का पारदर्शिता के साथ सही उपयोग करने पर जोर दिया

इस अवसर पर विधायक बालो राजा कई विभागीय अभियंता परियोजना एजेंसी के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद थे श्री ङानदम ने अधिकारियों से सड़क परियोजनओं को त्वरित गति से पूरा करने और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी करने को कहा उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों को सड़क से जोड़ने की परियोजनाओ में देरी चिंता का विषय है और राज्य सरकार इसे बर्दास्त नहीं करेगी

उन्होंने ग्रामीणों से नदियों और तालाबो को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की

नामसाई जिले में आगामी छब्बीस जनवरी को इस लीग का अधिकारिक रुप से उद्घाटन किया जाएगा श्री मेन ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अरुणाचल पहली बार आकांक्षित फुटबॉल लीग की मेजबानी कर रहा है उन्होंने कहा कि यह लीग प्रसिद्ध फुटबॉलर और पूर्व भारतीय कप्तान दिवंगत इंद्रजित नामचुम के स्मरण और स्म्मान में आयोजित किया जा रहा है दिवंगत नामचुम राज्य के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे उन्होंने देश के लिए कई अंतर्रष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले इस लीग को अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ आयोजित कर रहा है

हाल ही में प्रकाशित जर्नल के अनुसार मेंढकों का आकार इतना छोटा है कि वे सिक्के की ऊपर बैठ सकते है यह नई प्रजातियां जिले के तालले वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया गया है

यह दुर्घटना उस वक्त घटी जब वैन एक मोड़ पर मूड़ने की कोशिश कर रही थी